केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में बहत्तर नए मरीज आएं है और इस बीमारी से चार की मौत हुई है अबतक निन्यानवें रोगियों को ठीक होने के बाद छ्ट्टी दी गई है श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए एक सौ पंद्रह सरकारी लैब है उन्होंने कहा कि घबराने के बजाय जागरुक रहने और कोरोना वायरस के लक्षण को नहीं छिपाने की जरुरत है श्री अग्रवाल ने बताया कि ज्यादातर मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री है और अन्य मरीजों इनसे संक्रमित हए है

चार अप्रैल तक तीन लाख किट और उपलब्ध हो जाएंगी

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की जांच इलाज और स्वच्छता से ज्ड़े कर्मियों की निजी स्रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्रक्षा किट की जरुरी खेप बहत जल्द ही यहां पहंचने वाली है उन्होंने अपील की कि लोग स्वच्छता और घरों में रहने के साथ साथ अनावश्यक रुप से मेडिकल कर्मियों के इस्तेमाल के लिए बने मास्क और अन्य वस्त्ओं का उपयोग न करें

राज्यपाल ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से अपने घरों में रहने और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है श्री मिश्रा ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक दूसरे के बीच एक मीटर की द्री बनाएं रखने और आपात स्थिति में नजदीकी अस्पताल में जाने पर जोर दिया है राज्यपाल ने ईस्टर्न आर्मी कमांड के जवानों द्वारा राज्य में कोरोना वायरस के खिलाफ म्हिम में लोगों की सहायता के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के प्रति आभार जताया है

प्रशासनिक अधिकारियों से लापरवाही न बरतते हुए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया अधिकारिक सूत्रों के अन्सार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण खादय पदार्थो और दैनिक उपयोग की आपूर्ति प्रभावित हई है और मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध न होने से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने में म्श्किलों का सामना करना पड़ रहा है

आई एम सी के अधिशासी अभियंता तादर तारांग ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अन्सार सभी व्यवसायिक परिसरों कार्यालयों और बाजार क्षेत्र में सेनिटाइजेशन किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस महामारी राज्य पर न फैले इधर राजधानी क्षेत्र के ईटानगर नाहरलग्न और निरजूली में लॉकडाउन का पालन स्निश्चित करने के लिए राज्य प्लिस सभी आवश्यक कदम उठा रही है राजधानी क्षेत्र के प्लिस अधीक्षक त्म्मे अमो ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की भीड़ पर चिंता जताते हए लोगों से अपने घरों में रहने और बिना किसी इमरजेंसी के सड़कों पर न निकलने की अपील की है

श्री अमो ने कहा कि दैनिक उपयोग के वस्त्ओं की खरीददारी के लिए क्षेत्र के लोगों को स्विधा दी गई है और इस दौरान जनहित में द्कानों पर भीड़ न लगाते हए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधकों और म्ख्य डाकपालों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि बीएनएनएल पूरे प्रयास कर रहा है ताकि इस दौरान सबका फोन सम्पर्क बना रहे

श्री प्रसाद ने कहा कि डाक विभाग गरीबों को बड़ी संख्या में मनीऑर्डर भेज रहा है